सत्र की शुरूआत दिवंगत पूर्व सदस्यों के शोकोदगार के साथ होगी इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह भर की शासकीय कार्य सूची से सदन को अवगत करवाएंगे मॉनसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं दिशा निर्देश प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए सामाजिक दूरी बनाकर कतार लगानी होगी और प्रवेश के समय छह फूट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा इन स्थलों में रिकार्ड किए भजन संगीत और गीत लगाए जा सकते हैं परंतु समूहगान पर रोक रहेगी श्रद्दालु मूर्तियों धार्मिक पुस्तकों और घंटियों को नहीं छू सकेंगे धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा नहीं होगी और समूह में प्रार्थना पर रोक रहेगी सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद विभाग की सशक्त भूमिका रही है शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्वति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है इस दौरान हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गम्भीरता से विचार का आश्वासन दिया बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला के समीप जाठिया देवी में राज्यस्तरीय औषधीय पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया उन्होंने औषधीय पौधों को व्यापारिक दृष्टि से उगाने पर बल दिया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार सभी की मदद का प्रयास कर रही है ऊना जिले के बंगाणा में ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां अब शुरू हो गई हैं और जल्द ही मंदिर व अन्य धार्मिक संस्थान भी ख्लने जा रहे हैं

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है

ठीक हुए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुना हो गई है

उन्होंने इसे मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है

कोविड योद्वा प्रदेश के अन्य जिलों सहित मण्डी में भी कोरोना के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक योद्धा की भूमिका निभा रही हैं

बैठक लाहौल स्पीति ज़िले की लाहौल पोटैटो सोसायटी की वार्षिक बैठक आज कारगा में आयोजित की गई सोसायटी के अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा ने सदस्यों से उच्च गुणवत्ता के बीच आलू तैयार करने और उत्पादन बढ़ाने की अपील की उन्होंने कहा कि किसानों की ये संस्था किसान हित में काम जारी रखेगी